श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिरों में नहीं सजाई जायेगी झांकियां

उन्होंने कहा कि उनके कुछ मुददे थे जिन्हें उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने रखा और आलाकमान ने इस संबंध में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है श्री पायलट ने कहा कि उनका विरोध पार्टी के खिलाफ नहीं था और पार्टी को सत्ता में लाने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाना चाहिए इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक नाराज है उनसे बातचीत कर जो समस्याएं होगी उनका समाधान करने का प्रयास किया जायेगा कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सत्ता में रहने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह असंतुष्टों की नाराजगी दूर करे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाडा भरतपुर पाली चूरू सीकर बाडमेर और डूंगरपुर जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए यह धन राशि जारी की है इस रकम से इन कॉलेजों से जुडे जिला अस्पतालों में विकास कार्य कराये जायेंगे

लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनियाभर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने शुरू के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली

उन्हें नाजुक हालत में दिल्ली छावनी में र्सना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था अस्पताल के सुत्रों ने बताया है कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनकी आपात शल्य चिकित्सा की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने संवेदना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत इंदौरी का निधन उर्दू शायरी के लिए बहुत बडा नुकसान हैं जिसकी भरपाई नामुमकिन है

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

प्रदेश के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारियां की जा रही है कोविड महामारी के कारण मंदिर हालांकि बंद है लेकिन कई मंदिरों ने श्रद्वालुओं को वर्च्यअल तरीके से जन्माष्टमी पर्व में शामिल करने की तैयारी की है राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जायेगी

करौली में भी प्रमुख मदन मोहन जी मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों में परम्परागत रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है

कोरोना संक्रमण के कारण यह मेला स्थगित किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि हमें यूग पुरूष श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिये उन्होंने लोगों से घर में रहकर पूजा करने का आग्रह किया है चिंकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से जन्माष्टमी पर्व सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए मनाने की अपील की है डॉ शर्मा ने कहा कि जिस तरह कन्हैया ने मर्यादा में रहते हए कंस का वध कर लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई उसी तरह कोरोना रूपी कंस को हम सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियों के साथ ही हरा सकते हैं उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाकर अपने घरों में रहते हए जन्माष्टमी पर्व उत्साह से मनाए

दौसा के सिकराय उपखण्ड में झापडास गांव में आकाशीय बिजली गिरने से चार व्यक्ति झुलस गये मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भरतपुर धौलपुर और भीलवाडा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है